राज्य के सभी विश्वविद्यालय में यूजीसी के मानकों के अनुरूप शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मियों के पद सूजन के लिए स्क्रीनिंग समिति का गठन

इस दौरान कोरोना संक्रमित पंद्रह मरीजों की मौत हो गयी इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर तीन सौ पैतीस हो गयी है वहीं कोरोना संकमण को मात देने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर अब इक्कीस हजार पच्चीस हो गयी है जबकि नौ हजार सात सौ अंठावन संक्रमितों का इलाज विभिन्न कोविड वार्ड में चल रहा है

राज्य में स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या अब बढ़कर सड़सठ दषमलव पांच छह प्रतिशत हो गयी है कोरोना पॉजिटिव झारखंड मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष शिब् सोरेन को दिल्ली के निकट मेदांता गुड़गांव षिफट करने की तैयारी की जा रही है श्री सोरेन को कल ही रांची के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है इससे पहले दो दिनों से उनका होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा था लेकिन उम्र अधिक होने और कई बीमारियों से पीड़ित होने के कारण एहतियातन उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी की कोरोना जांच रिपोर्ट तीसरी बार निगेटिव आयी है

जांच पहचान और उपचार रणनीति के तहत यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है मंत्रालय ने ट्वीट में कहा है कि मरीजों का समय से पता लगाने उन्हें शीघ्र आइसोलेशन में रखने और प्रभावी उपचार करने तथा अधिक जांच होने से भी संकमण को फैलने से रोकने में मदद मिल रही है

इन्हें जेल से रिहा होने के बाद कोविड अस्पताल भेजा गया स्वस्थ होने के बाद ही उन्हें घर जाने की इजाजत दी जायेगी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

पद सुजन के प्रस्ताव को तैयार करने के मकसद से उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में एक स्क्रीनिंग समिति का गठन किया जाएगा मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने स्क्रीनिंग समिति के गठन से संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में गठित होनेवाली स्क्रीनिंग समिति में निदेशक उच्च शिक्षा सदस्य सचिव होंगे

इस प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल की स्वीकृति मिलने के बाद ई एफआईआर थाना सुजन की प्रकिया षुरू होगी इन थानों के सुजन का आधार आम नागरिकों को बिना थाना गए पोर्टल मोबाइल एप्प के माध्यम से ऑनलाइन प्राथमिकी दर्ज कराने की सुविधा उपलब्ध कराना है इससे आम नागरिकों को वाहन चोरी विभिन्न प्रकार की संपत्ति चोरी सेंधमारी महिला एवं नाबालिगों से संबंधित अपराध नाबालिगों की गुमशुदगी से संबंधित कांड जिसमें अभियुक्त अज्ञात हो ऐसे मामलों में ऑनलाइन प्राथमिकी दर्ज कराने की सुविधा होगी

खूंटी जिला के मुरहू प्रखण्ड अंतर्गत गनलोया के बिरमकेल गांव में कृषक गोष्ठी का आयोजन किया गया कृषक गोष्ठी में ग्रामीणों के बीच कृषि से सम्बंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई इस दौरान धान की फसल में बीमारी होने के कारण आ रही समस्याओं के उपाय बताए गए इसमें उचित खाद और अन्य आवश्यक जरूरी बिंद्ओं पर जानकारियां दी गयी

उपायुक्त ने पीएम किसान पोर्टल पर पंजीकृत किसानों को केसीसी स्वीकृत करने का निर्देश दिया उन्होंने समय समय पर बैंक अधिकारियों को अपने कार्यो का मूल्यांकन करने और लक्ष्यों को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रविवार को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे

श्री मोदी ने टवीट में कहा है कि उन्हें इस कार्यक्रम के लिए लोगों के विचार और सुझाओं की प्रतीक्षा है लोग माईगव ओपन फोरम या नमो एप पर अपने विचार साझा कर सकते हैं

राज्य के लातेहार साहेबगंज गोड्डा और गिरिडीह में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट एएचटीयू का गठन किया जाएगा मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने इन चार जिलों में एएचटीय के गठन संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है इन अधिसूचित थानों के कार्यक्षेत्र संबंधित जिला को संपूर्ण कार्यक्षेत्र होगा तथा इसमें एएचटीयू जिला के अन्य थाना क्षेत्र में अवैध मानव व्यापार से संबंधित मामले भी पंजीकृत करने के साथ अनुसंधान भी किए जाएंगे

इसी सिलसिले में आयुक्त सहित सभी अधिकारियों ने सारंडा के बीहड़ जंगल स्थित वनग्राम नुईयागड़ा पहुंच कर वहां के सर्वांगीण विकास के लिए ग्रामीणों के साथ बैठक की और उनकी समस्याओं को जाना इसके साथ साथ सेल के पदाधिकारियों के साथ भी बैठक कर ग्रामीणों के जीवन स्तर को आगे बढ़ाने और गांव को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने पर चर्चा की गई सिंहभूम के प्रमंडलीय आयुक्त मनीष रंजन ने कहा कि सारंडा र्मे कई ऐसे गांव हैं जहां के लोगों तक सरकार की योजना नहीं पहुंच पाती है

मंत्रालय ने इससे पहले मोटर वाहन अधिनियम और केन्द्रीय मोटर वाहन नियमों से सम्बंधित दस्तावेजों की वैधता की अवधि बढ़ाने के लिए तीस मार्च और नौ जून को परामर्श जारी किया था इसमें फिटनेस परमिट लाइसेंस पंजीकरण या किसी अन्य सम्बंधी दस्तावेज़ की वैधता तीस सितम्बर तक बढ़ाने की बात कही गई थी

इस निर्णय से लोगों को परिवहन सम्बंधी सेवाएं हासिल करने में मदद मिलने की उम्मीद है बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण अगले दो तीन दिनों तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में अच्छी बारिष की संभावना है रांची स्थित भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र के निदेषक डॉक्टर एसडी कोटाल ने बताया कि अगले पांच दिनों तक राज्य में मॉनसून के सकिय रहने की उम्मीद है अब संक्षिप्त खबरें द्मका जिले में स्टोन चिप्स की ओबर लोडिंग के मामले में छह ट्रकों को जब्त किया गया